बीजापुर जिले में तीन लाख रूपए के इनामी माओवादी ने किया आत्मसमर्पण

मतदाता पंद्रह दिसंबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे प्राप्त दावों आपत्तियों का निराकरण पांच जनवरी तक किया जाएगा वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस तक कर दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत ऐसे युवा मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी दो हजार इक्कीस तक अट्ठारह वर्ष की हो जाएगी वे इस मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे इसके लिए ये युवा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाता जोड़ने के साथ ही स्थानांतरित मतदाताओं का नए निवास स्थान के अनुसार संशोधन और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही की जाएगी

श्री बघेल ने पत्र में कहा है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सुजन किया जाए जिससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार युवक माओवादी समूहों में शामिल होने के लिए विवश न हो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट्स को तीस प्रतिशत छूट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराने का निवेदन भी किया है ताकि सैकड़ों करोड़ रूपये का निवेश और हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें मुख्यमंत्री ने वनांचल में होने वाले लघु वनोपज और वन औषधियों के उत्पादकों और संग्राहकों को समुचित लाभ दिलाने के लिए इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन निर्मित करने के लिये अनुदान दिये जाने की आवश्यकता जताई है श्री बघेल ने लोगों की आजीविका के साधनों के विकास के लिए माओवाद प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को कम से कम पचास पचास करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष दिए जाने की मांग भी की है कोरोना समाचार जागरूकता देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है और यह तिरानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक बयासी लाख उनचास हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय करीब पांच लाख मरीजों का उपचार चल रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल होने से संक्रमण से ठीक हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय देश में महामारी की वजह से मृत्यु दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है इधर छत्तीसगढ़ में कल पांच सौ तीस कोरोना संक्रमित नये मरीजों की पहचान की गई इस बीच कल छह सौ तेईस कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं वहीं कल प्रदेशभर में सोलह मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है इस बीच बिलासपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

राज्यपाल ने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित वेबीनार को संबोधित करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने शोषण और गुलामी के खिलाफ आवाज ब्रेलंद की थी राज्यपाल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने क्रांतिकारी यिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदल दी थी साथ ही आदिवासियों को जल जंगल जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने के खिलाफ तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती भी दी थी सुश्री उइके ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी राज्यपाल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की क्रीतियों को दूर करने और समाज में प्रचलित आडम्बरों के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया राज्यपाल ने बिरसा मुंडा की शहादत को याद करते हुए उनकी शिक्षा और आदर्शो को अपनाने की आवश्यकता जताई राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इसका आयोजन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रतीक के रूप में हर साल सोलह नवम्बर को किया जाता है आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया था इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रेस की आजादी पर कोई भी हमला राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और हर किसी को इसका विरोध करना चाहिए एक वेबिनार के लिए वीडियो संदेश में श्री नायडू ने कहा कि लोकतंत्र स्वतंत्र और निर्मीक प्रेस के बिना जीवित नहीं रह सकता उपराष्ट्रपति ने वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से उत्पन्न गंभीर खतरों की परवाह किए बिना जनता को लगातार सूचनाएं देने को लिए अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्वा के रूप में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की सराहना की वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडियाकर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मीडिया जगत के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्री बघेल ने कहा है कि मीडिया जगत निडरतापूर्वक निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से देश मे लोकतांत्रिक विमर्श को एक नई दिशा प्रदान करता है श्री बघेल ने कहा कि फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में भी लोगो में जागरूकता लाने में प्रेस ने अहम भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस आज अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है यह दिन पूरे विश्व में मानवाधिकार और लोगों की आजादी के मूल सिद्वांत को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है सहिष्णुता दिवस यह संदेश देता है कि लोग प्राकृतिक रूप से विविधता सम्पन्न होते हैं दुनिया के प्रत्येक भाग में भिन्न समुदायों को सिर्फ सहिष्णुता के माध्यम से जोड़ा जा सकता है आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के प्रमुख एरिक फॉल्ट ने कहा कि असहिष्णुता से लड़ने की कुंजी शिक्षा में ही निहित है

मिली जानकारी के अनुसार भैरमगढ़ एरिया कमेटी प्लाटून के डिप्टी कमांडर लक्षण हेमला ने आज पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप और सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया इस माओवादी पर पुलिस दल पर हमला करने सहित वर्ष दो हजार तेरह से दो हजार अट्ठारह के बीच विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इधर सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान पालामड़गु इलाके में घेराबंदी कर माओवादी कवासी मंगडू को गिरफ्तार किया गया इस माओवादी पर क्षेत्र की कई छोटी बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है हाथी उत्पात प्रदेश के कोरिया जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है मिली जानकारी के अनुसार खड़गवां वन परिक्षेत्र के मंगोरा बिरनी डांड बेलकमार और कटकोना में बीती रात चालीस से अधिक हाथियों के दल ने उत्पात मचाया इस दौरान दो मवेशियों की मौत होने और एक मवेशी के घायल होने की खबर है वहीं दो ग्रामीणों के घरों को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया साथ ही कई किसानों की बाजरा अरहर और आलू की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है इस बीच वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूरी बनाकर रखने और जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है ट्रेन सुविधा रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हए रेलवे द्वारा हावड़ा अहमदाबाद के बीच विशेष गाड़ी चलाई जा रही है यह गाड़ी केवल आज अहमदाबाद हावड़ा के बीच संचालित की जाएगी यह गाड़ी पांच बजकर पंद्रह मिनट पर अहमदाबाद से रवाना होकर दूसरे दिन राजनांदगांव दूर्ग रायपुर भाटापारा बिलासपुर चांपा और रायगढ़ स्टेशनों से होकर गुजरेगी इस ट्रेन में ठहराव वाले स्टेशनों से हावड़ा तक कि यात्रा आरक्षित टिकट के साथ की जा सकती है इस बीच किसान आंदोलन के कारण सत्रह और अट्ठारह नवंबर को कोरबा से छूटने वाली कोरबा अमृतसर त्रि साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन केवल मेरठ सिटी तक संचालित की जाएगी वहीं उन्नीस नवंबर को अमृतसर से बिलासपुर आने वाली ट्रेन मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना होगी इसी प्रकार अट्ठारह नवंबर को दुर्ग से जम्मूतवी तक जाने वाली ट्रेन जम्मूतवी के स्थान पर नई दिल्ली स्टेशन तक संचालित की जाएगी भाईदूज दीपावली के पांचवे दिन आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व ध्रमधाम से मनाया जा रहा है भाईदूज के मौके पर बहनों ने भाईयों के माथे पर टीका लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की भाईयों ने भी बहनों को उपहार दिया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करने वाले इस पर्व को लेकर एक किवदन्ति यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को लंबे इंतजार के बाद इस दिन दर्शन दिया था तभी से यह प्रथा चली आ रही है इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मातर का त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर धमतरी जिले में अखाड़चियों ने आकर्षक करतब भी दिखाएं वहीं ग्रामीणों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गौरतलब है कि आज के दिन राउत समाज के लोग मैदान में गायों की झुंड के बीच हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं और शाम को मड़ई का आयोजन किया जाता है मुख्यमंत्री गोवर्धन पूजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोवर्धन पूजा के अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित अपने गांव बेलौदी पहुंचे इस मौके पर उन्होंने परंपरागत् तरीके से गोवर्धन पूजा की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की श्री बघेल ने पूजा के बाद ग्रामीणों से मुलाकात भी की और उन्हें त्योहार की बधाई दी छठ पूजा दीपावली के बाद प्रदेश में लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं इस सिलसिले में दूर्ग जिला प्रशासन और छठ समिति के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप छठ पर्व मनाने के निर्देश दिए हैं साथ ही तालाब में छठ पूजा करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है इस दौरान केवल पूजा करने वाले ही घाट में जाएंगे अन्य लोगों को घाट में जाने की अनुमति नहीं होगी गौरतलब है कि इस बार छठ पर्व की शुरूआत बीस नवंबर से होगी पुलिस दीपावली प्रदेश के कई जिलों की पुलिस ने इस बार दीपावली वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ मनाई इसी कड़ी में राजनांदगांव के चिखली थाना के पुलिसकर्मियों ने भी बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाई इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बुजुर्गो का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें मिठाई भी खिलाई साथ ही श्रीफल भेंटकर बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया इस मौके पर चिखली थाना के पुलिसकर्मियों ने बुजुर्गों को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए समर्पण अभियान चला रही है दोस्ती सप्ताह मुंगेली जिले में इन दिनों दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में चाइल्ड लाइन टीम द्वारा कलेक्टोरेट परिसर में बच्चों के साथ दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया गया गौरतलब है कि बीते चौदह नवंबर से आगामी इक्कीस नवंबर तक चलने वाले दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत सेल्फी जोन हस्ताक्षर अभियान साइकिल रैली मास्क वितरण कोरोना वायरस से बचाव के लिए संदेश सहित बच्चों के खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ठग गिरफ्तार सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं से ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के दो विदेशी नागरिकों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खमतराई क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने फेसबुक के माध्यम से अज्ञात आरोपी द्वारा साढ़े सात लाख रूपये से अधिक की ठगी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से दो नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया इनके पास से पुलिस ने चार नग मोबाइल फोन तीन एटीएम कार्ड और पांच पेटीएम कार्ड बरामद किया है बताया जाता है कि इन आरोपियों का वीजा तीन माह पहले खत्म हो चुका है और ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे मौसम प्रदेश के बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर ब्रंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के दक्षिण पूर्व से हवा आ रही है वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण प्रदेश में हल्की बदली छाए रहने के आसार हैं

इनके पास से दो लाख बयालीस हजार रूपये जब्त किए गए हैं